सी डी एस सैन्य मामलों में सरकार के एकल बिंद्र सलाहकार के रुप में काम करेंगे और थलसेना वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय करने पर ध्यान देंगे जनरल रावत आज थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हो गए केंद्र रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में थलसेना वायुसेना और नौसेना सबंधी नियमों में संशोधन करते हुए एक नया खण्ड जोड़ा जिसके अंतर्गत चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवारत रहेंगे इससे पहले जनरल विपिन रावत ने सभी सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को सेनाध्यक्ष के रुप में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान पूरा सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया

लगातार दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश ने अपने कुल वन आवरण में गिरावट देखी है

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अरुणाचल तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है

भारत में समेकित सतत विकास लक्ष्य एस डी जी सूचकांक में सुधार हुआ है और यह दो हजार अटठारह के सत्तावन अंक की तुलना में दो हजार उन्नीस बीस में बढ़कर साठ अंक पर पहुंच गया है यह उपलब्धि जल और स्वच्छता किफायती तथा स्वच्छ ऊर्जा उद्योग नवाचार तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बेहतर सुधार के कारण हासिल हुई है केरल हिमाचल प्रदेश आंध्रप्रदेश तमिलनाड्र और तेलंगाना में सबसे अधिक सुधार हुआ है केरल सत्तर अंको के साथ समेकित एस डी जी सूचकांक में शीर्ष पर है जिन राज्यों में सबसे अधिक सुधार हुआ है उनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है बिहार में भी थोड़ा सुधार हुआ है और इसका अंक अड़तालीस से बढ़कर पचास हो गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी करते हुए यह जानकारी दी राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने बच्चों के लिए एक मजबूत शैक्षणिक नीव रखने के लिए प्राथमिक शिक्षा को मजब्रत करने की जरुरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को उनके शिक्षको द्वारा पढ़ाई और स्वस्थ रहने के लिए नियमित तौर पर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों की बुनियादी ढांचा को निरंतर बेहतर करते रहना चाहिए ये बात राज्यपाल ने कल राजभवन में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर के साथ हुई बातचीत के दौरान कही राज्यपाल ने शिक्षा मंत्री को सभी स्कूली प्राधिकारियों को नियमित तौर पर स्कूलों का दौरा करने और स्वच्छता अभियान में शिक्षकों और विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश देने की सलाह भी दी राज्य के उद्योग मंत्री तुमके बागरा ने कल पापुम पारे जिले के बंदरदेवा अंचल के अंदर दोलिकोटा गांव के निकट मेगा फूड पार्क क्षेत्र का जायजा लिया दौरे में मंत्री के साथ कृषि बागवानी उद्योग और व्यापार एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों सहित पाप्रम पारे जिला उपायुक्त पीगे लिगु भी थे दौरे के दौरान उद्योग मंत्री ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र में सड़क संपर्क और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए ताकि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण घटक और समर्थन को बढ़ाया जा सके

एन आई आर एफ नेशनल इस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जो शिक्षण मानकों शोध कार्य प्लेसमेंट और आउटरीच कार्यक्रमों और अन्य मापदंडो के आधार पर देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को रैंक देता है विश्वविद्यालय के निजी सहायकों के साथ कल बातचीत में कुलपति ने कार्यालय में ड्यूटी करते समय कार्यालय के नियमों को बनाये रखने पर जोर दिया